मेले में इंदौर उज्जैन और देवास के खिलौना निर्माता भी ले रहे हैं हिस्सा

देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस खिलौना मेले में विभिन्न राज्यों के खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं

प्रधानमंत्री के द्रदर्शी प्रयासों के फलस्वरूप खिलौना मेले का आयोजन किया जा रहा है

मुख्यमंत्री श्री चौहान इंदौर उज्जैन मुरैना धार और छतरपुर जिले के रसोई केन्द्रों पर उपस्थित लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान रसोई योजना की सतत निगरानी के लिए बनाये गये पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे

जो दो मार्च तक चलेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया के उद्घाटन पर भाषण देंगे समारोह का आयोजन युवा कार्य और खेल मंत्रालय जम्मू कश्मीर खेल परिषद और जम्मू कश्मीर की शीतकालीन खेल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है खेल गतिविधियों में एलपाइन स्कीइंग नार्डिक स्कीइंग स्नोबॉर्डिंग पर्वतारोही स्कीइंग आइस हॉकी आइस स्केटिंग और आइस स्टॉक शामिल हैं

मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को अकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम में अपनी प्रेरणादायक घटनाओं को साझा करने का आग्रह किया है लोग अपने विचार नमो एप या माई गोव ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं

कोरोना रोकथाम प्रदेश में कोरोना संकमण की रोकथाम के प्रयास तेजी से किये जा रहे हैं इसके तहत जिलों के नगरीय निकाय विभिन्न तरह की गतिविधियां चला रहे हैं

उधर हमारे कटनी संवाददाता ने बताया कि कटनी जिले में कल कोतवाली थाने के बाहर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की गई